कैबिनेट किसान राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि उपकरणों हार्वेस्टर और ट्रेक्टर पर कर में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की कल जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को शून्य फीसदी ब्याज पर कर्जा देने का प्रस्ताव भी पास हुआ है

मुख्यमंत्री गत माह की बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन और प्रतिवेदन पर भी चर्चा करेंगे श्री चौहान ने बीते तीन माह से मासिक समीक्षा का यह सिलसिला शुरू किया है कॉन्फ्रेंस में कानून व्यवस्था और विकास की स्थिति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की जाती है

मुख्यमंत्री सेन समाज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में शीघ्र ही केश शिल्पी बोर्ड का गठन किया जाएगा बोर्ड में सेन समाज के सदस्यों को ही पदाधिकारी बनाया जायेगा ताकि समाज के उत्थान और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए बेहतर कार्य हो सके मुख्यमंत्री कल इंदौर में चाणक्यप्री चौराहे पर इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित की जा रही संत शिरोमणि श्री सेन महाराज की प्रतिमा छतरी भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे खेत तालाब मंदसौर जिला प्रशासन ने मनरेगा के तहत खेत तालाब बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की है

मंदसौर जिला पंचायत सीईओ ऋषभ गुप्ता ने बताया की खेत तालाब योजना से किसानों को लाभ तो मिलेगा ही साथ ही साथ जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा

रंजना को यह उपलब्धि कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने के लिए मिली है अमेरिका की संस्था एनपीआर डाट ओआरजी ने रंजना का चयन किया हैं

जन आंदोलन मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के ग्रप कमांडर संजय घोष ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है

भारत ने इंग्लैंड के साथ चार मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला में तीन एक से जीत हासिल की थी

इसमें वरिष्ठजनों को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई

नगर उदय अभियान में शहरी क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जायेगा

नमस्कार